स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अद्वारह वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

कोविड संक्रमण के लगातार बढ रहे मामलों को देखते हए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था जो आज रात समाप्त हो रहा है ईटानगर राजधानी परिषद के उपाय्क्त तालो पोतोम ने बताया कि लॉकडाउन के बावजुद राजधानी क्षेत्र में संक्रमण की दर में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे सरकार को संक्रमण श्रृंखला तोडने के लिए जारी रोकथाम उपायों को दो और हफ्ते तक बढाने का फैसला लेना पडा

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार राज्य में शनिवार को कोविड के दो सौ उनचास नए मामले सामने आए और एक सौ निन्यानवे रोगी स्वस्थ हए राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दो हजार दो सौ इक्यावन हो गई है और रिकवरी दर घटकर नवासी दशमलव दो तीन प्रतिशत रह गई है राज्य में शनिवार को कोविड जांच के लिए दो हजार सात सौ सत्तर सैंपल एकत्र किए गए प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से छिहत्तर लोहित से तेईस चांगलांग से उन्नीस लोअर स्बनसिरी और तवांग से सोलह सोलह लोअर सियांग और नामसाई से पंद्रह पंद्रह ईस्ट सियांग से ग्यारह तिरप से नौ लोअर दिबांग वैली और वेस्ट सियांग से आठ आठ वेस्ट कामेंग और अपर स्बनसिरी से छह छह दिबांग वैली और पाप्मपारे से पांच पांच पाक्के केसांग और अंजाव से तीन तीन ईस्ट कामेंग से दो क्रा दादी कामले और लोंगडिंग जिले से एक एक मामले शामिल है जबकि स्वस्थ हए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सत्तावन लोअर दिबांग वैली से तैतीस लोअर सुबनसिरी से बीस पाप्मपारे से अद्वारह लोअर सियांग से बारह वेस्ट कामेंग और चांगलांग से नौ नौ तवांग नामसाई और अपर सियांग से सात सात लोहित और ईस्ट सियांग से छह छह पाक्के केसांग तीन तिरप कामले ईस्ट कामेंग लेपारादा और लोंगडिंग से एक एक रोगी शामिल है स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के म्ताबिक ईटानगर के चिंप् में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में उन्नीस बेड्स स्टेट क्वारेंटिन फेसिलिटी लेखी में तीन सौ बारह पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मिद्पू में बारह डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में चौतीस और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में चार सौ इकतालीस बेड़स उपलब्ध हैं

छियानवें लाख बयालीस हजार से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पहला टीका लगाया जा च्का है जबकि छाछट लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्रसरा टीका भी लगवा च्के हैं एक करोड़ चौवालीस लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकताओं ने पहले टीका लगवा लिया है जबकि इक्यासी लाख से अधिक ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल सत्रह लाख तैतीस हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए इनमें से ग्यारह लाख उन्नीस हजार से अधिक लोगों ने पहला और लगभग छह लाख लोगों ने द्रसरा टीका लगवाया है मंत्रालय ने बताया है कि कल अड्डारह से चौवालीस वर्ष के पांच लाख अड्डावन हजार से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है इस आय् वर्ग में अब तक अड़तालीस लाख इक्कीस हजार से अधिक टीके लगाए गये हैं कोविड टीकाकरण अभियान का आसान और त्वरित चरण पहली मई से आरंभ हआ था